प्रदेश में सभी विकास योजनाओं में भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस पर अमल

प्रदेश में कई जगह बारिश कड़ाके की ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं

चंद्रमा के लिए भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के चार कर्मियों की पहचान की गयी है डॉक्टर सिवन ने कहा कि ये चारों जनवरी के तीसरे सप्ताह से रूस में अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण लेंगे आज बेंगलुरु में संवाददाताओं से बातचीत में इसरो के प्रमुख डॉक्टर के सिवन ने कहा कि परीक्षण के तौर पर इस वर्ष मानव रहित मिशन भेजा जायेगा

इस मिशन में ऑर्बिटर नहीं भेजा जायेगा डॉक्टर सिवन ने कहा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्र्व पर लैंडर और रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जायेगी

डॉक्टर सिवन ने यह घोषणा भी की कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन में दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाया जायेगा इसके लिए दो हज़ार तीन सौ एकड़ भूमि ली जायेगी उन्होंने कहा कि आरम्भ में यहां से छोटे उपग्रहों को छोड़ा जायेगा विकास योजनाएं प्रदेश में नगर और ग्राम निवेश संचालनालय द्वारा सभी विकास योजनाएँ जियोग्राफिक इंफार्मेशन सिस्टम जीआईएस पर तैयार की जा रही हैं

श्योपुर नववर्ष केन्द्र सरकार ने पिछले साल श्योप्र जिले के लिए चार बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी थी इस साल इनके पूरा होने की उम्मीद है

गैर वातानुकूलित और गैर उप नगरीय रेलगाड़ियों के किराये में प्रति किलोमीटर एक पैसे की बढ़ोतरी की गई है गैर वातानुकूलित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराये में दो पैसे प्रति किलोमीटर और वातानुकूलित श्रेणी के किराये में चार पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यात्रियों को उपलब्धं कराई जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं में विस्तार के लिए किराये में मामूली बढ़ोतरी करना जरूरी हो गया था जिसके लिए यात्रियों पर कोई बड़ा बोझ डाले बिना किराये में मामूली बढ़ोतरी की गई है शताब्दी राजधानी और द्रंतो श्रेणी की विशेष रेलगाड़ियों में भी किराये में बढ़ोतरी लागू होगी

इनमें सागर सतना रीवा कटनी देवास रतलाम और सिंगरौली जिलों के निकाय शामिल हैं इन सभी नगरीय निकायों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है

गौवंश को सतत चारा आपूर्ति के उद्देश्य से संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सहयोग से चारा उत्पादन के लिये उपयुक्त वन क्षेत्रों का चयन किया जा रहा है अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक संयुक्त वन प्रबंधन चितरंजन त्यागी ने बताया कि वन विभाग द्वारा गौ शालाओं के लिये स्थल का चयन उस क्षेत्र में उपलब्ध अनाश्रित गौ वंश के आधार पर किया गया है अनाश्रित गायों को आश्रय मिल जाने से उन्हें उपचार और आहार की सुविधा मिलेगी साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी

इस मौके पर पर्यटन मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल ने कहा कि प्रतिवर्ष एक जनवरी को मांडव दिवस के रूप में मनाया जायेगा

इस बार भी उत्सव में साहसिक गतिविधियां तीन जनवरी तक चलेंगी स्मार्ट फार्मिंग शहडोल शहडोल जिले में स्मार्ट फार्मिंग या आध्निक खेती से किसानो की आर्थिक दशा में सुधार हो रहा है कृषि के क्षेत्र में किये जा रहे नवाचारों के सार्थक परिणाम देखने को मिल रहे हैं खरीफ फसलों में हाईब्रिड और मेडागास्कर पद्धति से धान और मक्का की पैदावार में कई गुना इजाफा हुआ है

मौसम पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में कई स्थानों पर बादल छाये हुए हैं वहीं आज जबलपुर संभाग के लगभग सभी जिलों में बारिश हुई

कई स्थानों पर कोहरा भी छाया हुआ है

शहडोल जिले में कल से हो रही बारिश से ठंड बढ़ने के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है

कोहरे के कारण दिल्ली और उत्तर से आने वाली ट्रेने दो से पांच घंटे तक विलंब से भोपाल पहुंच रही है

शिवपुरी जिले में आयुष्मान भारत निरामय योजना के अंतर्गत कल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नरवर में स्वास्थ्य शिविर लगाया जायेगा